लखनऊ स्थित अपने आवास पर आज आयोजित एक बैठक में अधिकारियों को निर्देश देर्त हये कहा कि वह यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति खुले में न सोये यदि कोई ऐसा करता दिखे तो उसे तत्काल रैन बसेरे तक पहुंचाया जाए उन्होंने कहा कि सभी अपने बजट का सदृपयोग करें इस सम्बन्ध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित समीक्षा किया जाय बैठक में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह और मुख्य सचिव आरके तिवारी मौजूद रहे प्रदेश में विधान परिषद की ग्यारह स्नातक और शिक्षक सीटों के लिये द्विवार्षिक चुनाव आज शान्तिपूर्वक ढंग से सम्पन्न हो गया सुबह आठ बजे शुरू हुआ मतदान शाम पांच बजे तक चला

मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये थे मतदान के दौरान कोविड नाइन्टीन के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया गया जिन ग्यारह सीटों के लिये आज वोट डाले गये उनमें पांच खण्ड स्नातक और छः सीटें खण्ड शिक्षक क्षेत्र की हैं खण्ड स्नातक क्षेत्र की सीटें हैं लखनऊ आगरा मेरठ वाराणसी और इलाहाबाद झांसी शिक्षक क्षेत्र की सीटे हैं लखनऊ आगरा मेरठ वाराणसी बरेली मुरादाबाद और गोरखपुर फैजाबाद क्षेत्र चुनाव में पंजीकृत स्नातक मतदाताओं ने खण्ड स्नातक सीट के लिये और पंजीकृत अध्यापकों ने खण्ड शिक्षक क्षेत्र की सीटों के लिये वोट डाले इस चुनाव में कुल एक सौ निन्यानवे उम्मीदवारों का भाग्य आज मतपेटियों में बन्द हो गया मतगणना तीन दिसम्बर को होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को आश्वासन दिया है कि नए क्रषि संबंधी सुधार उनके विकास के लिए लाए गए हैं उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कल एक सभा में उन्होंने कहा कि सरकार न केवल किसानों को नए बाजार के अवसर प्रदान करना चाहती है बल्कि मंडी व्यवस्था को भी मजबूत बनाना चाहती है श्री मोदी ने कहा कि सरकार कृषि सुधारों के साथ न्यूनतम सम्थन मूल्य व्यवस्था जारी रखेगी प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि नए कृषि सुधारों ने किसानों को नए विकल्प और नई कानूनी सुरक्षा प्रदान की है और अगर कोई पुरानी प्रणाली जारी रखना चाहता है तो वह भी उपलब्ध है नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी संख्यण ही तो दिए गए हैं पहले तो मंडी के बाहर हुए लेनदेन ही गैरकानूनी माने जाते थे

क्योंकि छोटा किसान तो मंडी पहुंच ही नहीं पाता था अब ऐसा नहीं है अब छोटे से छोटा किसान भी मंडी से बाहर हुए हर सौदे को लेकर कानूनी कार्यवाही कर सकता है देश ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए संक्रमण के नए मामलों को रोकने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है लगातार चौबीस दिनों से नए मामलों की संख्या प्रतिदिन पचास हजार से कम रिकार्ड की जा रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान करीब इकतीस हजार नए मामलों की पृष्टि हई है जबकि इस दौरान चार सौ बयासी लोगों की मौत हई है वहीं लगभग बयालिस हजार संक्रमित रोगी ठीक भी हुए हैं देश में अब तक अट्ठासी लाख नब्बे हजार लोग संक्रमित हुए हैं स्वस्थ होने की दर भी बढ़ कर लगभग चौरानवे प्रतिशत तक पहुंच गई है देश में स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमित लोगों की संख्या से करीब बीस गुणा ज्यादा है वर्तमान में देशभर में संक्रमित लोगों की संख्या केवल चार लाख पैंतीस हजार छ सौ तीन रह गई है पिछले चौबीस घंटों में देश में लगभग नौ लाख सत्तर हजार कोविड नमूनों की जांच की गई इसके साथ ही कुल जांच का आंकड़ा लगभग चौदह करोड़ तेरह लाख पचास हजार तक पहुंच गया है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजारों के लिए कोविड नाइन्टीन के नए दिशा निर्देश जारी किए है इनमें मास्क न पहनने पर जुर्माना और कम व्यस्त समय में खरीदारी करने पर रियायत देने के प्रावधान शामिल है मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया में कहा गया है कि कोविड कंटेनमेंट क्षेत्रों में बाजार बंद ही रहेंगे दिशा निर्देशों में सुझाव दिया गया है कि यदि किसी क्षेत्र में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़ती है तो वहां बाजार बंद करा दिए जाए खाने पीने की वस्तुएं और अन्य घरेलू सामान की ऑनलाइन बुकिंग से घर पर आपूर्ति कराने की व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है कोविड प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे दुकानदारों और कर्मचारियों को बाजारों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा दिशा निर्देशों में कहा गया है कि बाजार संघों को बाजारों में कोविड की रोकथाम के उपाय करने के उचित कदम उठाने का भी परामर्श दिया गया है